प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी का लोकतंत्र के सभी स्तंभों से निष्पक्ष होने का आहवान

प्रदेश की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी निचले क्षेत्रों में व्यापक वर्षा से तापमान में जोरदार गिरावट मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य में आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रयासरत है मुख्यमंत्री शिमला में होटल एसोसिएशन के सदस्यों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रकृति ने हिमाचल को भरपूर तरीके से नवाजा है और इसका पर्यटन के नजरिए से दोहन करने की आवश्यकता है

उम्मीदवार कांग्रेस ने धर्मशाला और पच्छाद विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वासनिक ने आज जारी एक प्रेस बयान में कहा है कि धर्मशाला से विजय इंद्र कर्ण और पच्छाद से गंगू राम मुसाफिर पार्टी प्रत्याशी होंगे दूसरी ओर भाजपा ने अभी तक इन दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है मुख्य न्यायाधीश प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष धर्मचंद चौधरी ने कहा है कि लोकतंत्र में न्यायालय और मीडिया की भूमिका अहम है न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लाहौल स्पीति की गोंदला पंचायत में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर के मौके पर बोल रहे थे उन्होंने लोकतंत्र की मजबूती के लिए विधान पालिका कार्य पालिका न्याय पालिका और मीडिया से अपनी भूमिका बिना दवाब व निष्पक्ष होकर निभाने की अपील की उन्होंने मीडिया से सनसनी फैलाने वाली खबरों से बचने को भी कहा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने लोक अदालतों को आम आदमी के लिए त्वरित व सस्ते न्याय का सबसे महत्वपूर्ण विकल्प बताया उन्होंने प्राधिकरण को वन अधिकार अधिनियम और पोक्सो एक्ट के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ज्यादा शिविरों के आयोजन को कहा

वीरेंद्र कंवर आज इस मुददे पर ऊना के त्यूड़ी में आयोजित एक सेमिनार में बोल रहे थे

उन्होंने यह भी दावा किया कि जम्मू कश्मीर में अब हालात पूरी तरह सामान्य है बिंदल विधानसभा अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल ने कहा है कि भारत ने दिव्यांग मतदाताओं उम्मीदवारों और सांसदों को सुविधाएं प्रदान करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बड़ी पहल की है बिंदल आज युगांडा में चल रहे राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे

उन्होंने इन्वेस्टर्स मीट को सफल बनाने के लिए अधिकारियों को हरसंभव प्रयास करने के निर्देश दिए मुख्य सचिव ने कहा कि इन्वेस्ट्स मीट ने लगभग दो हजार निवेशकों और अन्य लोगों के आने की संभावना है उन्होंने कहा कि इन्वेस्ट्स मीट के लिए सरकार हेल्पलाइन नम्बर स्थापित करेगी जिस पर ठहरने परिवहन और अन्य जानकारी हासिल की जा सकेंगी बाल्दी ने कहा कि इस आयोजन में दो दर्जन से अधिक देशों के राजदूतों केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के भी आने की संभावना है शहीद पूर्वी भूटान में बीते रोज हैलिकॉप्टर हादसे में पालमपुर के ननाओं गांव के रहने वाले फ्लाइंग कमांडर रजनीश कुमार शहीद हो गए हैं इस हादसे में एक अन्य प्रशिक्षु पायलट की भी मौत हो गई फ्लाइंग कमांडर रजनीश कुमार के शहीद होने की खबर से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है शहीद रजनीश कुमार का पार्थिव देह कल उनके गांव पहुंचेगा और कल ही उनका पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा इस बीच राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पायलट रजनीश कुमार के निधन पर गहरा शोक जताया है मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना जताई

यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से प्रसारित किया जाएगा

इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के यूट्यूब चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधाप्रसारण होगा एसजेवीएन सतलुज जल विद्युत निगम लूहरी और धौलासिद्ध पनविद्युत परियोजनाओं पर अगले छः महीने में काम आरंभ कर देगा यह बात निगम के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक नंदलाल शर्मा ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कही उन्होंने कहा कि लूहरी पनविद्युत परियोजना अब तीन चरणों में बनेगी जिसमें एक भी सुरंग नहीं होगी यह रन ऑफ द रिवर प्रोजैक्ट होगा उन्होंने कहा कि इस परियोजना की पूरी डीपीआर बदल दी गई है और अब एक भी व्यक्ति इस परियोजना के निर्माण से विस्थापित नहीं होगा

धर्मशाला विधानसभा उपचुनाव के लिए गठित समन्वय समिति में केवल सिंह पठानिया सचिव और सुधीर शर्मा चंद्र कुमार ठाकुर सिंह भरमौरी पवन काजल आशीष बुटेल और अन्य इसके सदस्य होंगे पच्छाद उपचुनाव के लिए गठित कमेटी का सचिव रजनीश किमटा को बनाया गया है जबकि धनीराम शांडिल हर्षवर्धन चौहान विनय कुमार विक्रमादित्य सिंह और अन्य इसके सदस्य होंगे डीसी शिमला शिमला जिला प्रशासन नवरात्रों के दौरान संकट मोचन और तारादेवी मंदिरों के लिए विशेष बस सुविधा उपलब्ध करवाएगा यह बात उपायुक्त अमित कश्यप ने आज शिमला में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही उन्होंने कहा कि संकट मोचन और तारादेवी के लिए नवरात्रों में अवकाश के दिन निगम की बसें सामान्य रूट के अलावा एक सौ फेरे लगाएगी

उपायुक्त ने गांधी जयंती के मौके पर रिज मैदान पर होने वाले राज्यस्तरीय समारोह की तैयारियों का भी जायजा लिया

उपायुक्त ऋचा वर्मा द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस सेना और अर्द्वसैनिक बलों के जवानों तथा अधिकारियों पर लागू नहीं होंगे

मौसम प्रदेश में आज लगातार दूसरे दिन भी अधिकांश स्थानों पर वर्षा हुई जबकि रोहतांग बारालाचा और कुंजम दर्रे सहित लाहौल स्पीति और चंबा जिला की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी का समाचार है इस दौरान कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी हुई मौसम में आए इस बदलाव से प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में जोरदार गिरावट आई है राज्य के मध्यम व अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में सुबह शाम ठंड का असर बढ़ गया है और लोगों को अभी से ही गर्म कपड़े बाहर निकालने पड़ गए हैं राजधानी शिमला और आसपास के इलाकों में आज दोपहर बाद से रूक रूक कर जोरदार वर्षा हो रही है मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के अधिकांश स्थानों पर वर्षा तथा ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर बर्फबारी की संभावना जताई है